शिमला लोकसभा सीट से सोलन से मौजूदा विधायक कर्नल धनी राम शांडिल और मंडी संसदीय क्षेत्र से पूर्व केन्द्रीय मंत्री पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा को प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा है धनी राम शांडिल पहले भी दो बार शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं जबकि आश्रय शर्मा हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं जो मौजूदा प्रदेश सरकार में उर्जा मंत्री अनिल शर्मा के पुत्र हैं कांग्रेस पार्टी अभी तक दो लोकसभा सीटों कांगड़ा व हमीरपुर के लिए प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है हालांकि सूत्रों के अनुसार प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में मंथन बैठक हुई

भाजपा के वरिष्ठ नेता हर विधानसभा क्षेत्र में महिला व युवा मोर्चो के सम्मेलन आयोजन कर कार्यकर्त्ताओं को चुनाव संबंधी टिप्स दे रहे हैं इसी कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज सोलन और कसौली के धर्मपुर में भाजपा युवा मोर्चा के सम्मेलनों को संबोधित करेंगे उधर कांग्रेस ने दो लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने पदाधिकारियों को चुनाव के लिए बूथ प्रबंधन और डोर टू डोर जिम्मेदारियां सौंपी हैं पार्टी कार्यालय सचिव मान सिंह के अनुसार युवा कांग्रेस के पदाधिकारी लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों के अध्यक्षों के साथ तालमेल बनाकर जोन सैक्टर और बूथ कार्यकर्त्ताओं के साथ पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे अग्निहोत्री कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पार्टी एकजुटता के साथ लोकसभा चुनाव में भाजपा का टक्कर देगी और चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी एक बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश में भाजपा की हार का डर सताने लगा है और कांग्रेस ने चुनाव की पूरी रणनीति तैयार की है मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर सरकारी तंत्र का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश में भाजपा का प्रचार कम और कांग्रेस की टिकटों की ज्यादा चिंता जाहिर कर रहे हैं चुनाव प्रबंध लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग द्वारा सभी प्रबंध किए जा रहे हैं इसी कड़ी में कांगड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार ने कल धर्मशाला में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक कर आदर्श आचार संहिता के पालन के निर्देश दिए उन्होंने सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव के दौरान प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए कारगर कदम उठाने को भी कहा उधर बिलासपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक भाटिया ने शस्त्र लाइसेंस की स्कीनिंग के लिए जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है मंडी के जिला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने कल सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाए गए मतदान केंद्रों व ईवीएम स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को इन केंद्रों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए ऋग्वेद ठाकुर ने विभिन्न मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों व बुजुर्गो की सुविधा के लिए किए गए प्रबंधों का जायजा भी लिया

विभाग के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी दी एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने कांग्रेस द्वारा दो लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के चयन से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है कांग्रेस ने शिमला से धनीराम शांडिल और मंडी से आश्रय शर्मा को उतारा पंजाब केसरी का शीर्षक है शांडिल आश्रय को टिकट हमीरपुर व कांगड़ा पर फैसला दो दिन बाद अजीत समाचार के शब्द हैं कांग्रेस ने शिमला से शांडिल तथा मंडी से आश्रय को दी टिकट हमीरपुर के साथ कांगड़ा सीट से भी टिकट देने का पेच फंसा दैनिक जागरण का कहना है मंडी में आश्रय शिमला से शांडिल दिल्ली में वीरभद्र सुखराम की झप्पी शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है डेढ़ साल के मनमुटाव के बाद हिमाचल के दोनों बड़े नेताओं ने दूर किए शिकवे दैनिक जागरण के शब्द हैं आश्रय के लिए वीरभद्र के गले मिले पंडित सुखराम

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से आपका फैसला लिखता है प्रदेश में भाजपा को मिल रहे समर्थन से घबराई कांग्रेस पार्टी अनिल शर्मा को केबिनेट से हटाने की प्रक्रिया शुरू हिमाचल दस्तक की एक खबर है हिमाचल में पेड़ कटान पर लगे प्रतिबंध को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है पेड़ कटान पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार दैनिक भास्कर के शब्द हैं एक अप्रैल को पेड़ कटान पर रोक हटाने के लिए अपना पक्ष रखेगी सरकार